मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीनसे प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने कल से शुरू होने वाले अनलॉक थ्री के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए

जिम और योग संस्थानों को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति

सक्रिय मामलों की संख्या बत्तीस हजार छः सौ उन्चास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्वांतों पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक फायदे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता श्री मोदी ने कल मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनॉथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए पोर्ट लुई में मॉरीशस के उच्चतम न्यायालय के नये भवन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही इस मौके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड नाइन्टीन से कारगर तरीके से निपटने पर मॉरीशस की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दीं श्री मोदी ने मॉरीशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर टिकी हैं प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है सागर की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने दो हजार पन्द्रह में की थी श्री मोदी ने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केन्द्रित हैं और वह अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं हैं बल्कि ये आपसी विकास और सम्मान की भावना पर आधारित हैं मॉरीशस में भारत की सहायता से बनी उच्चतम न्यायालय की इमारत सहित मेट्रो रेल और अत्याधनिक अस्पताल परियोजना का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी परियोजनाओं से भारत और मॉरीशस के बीच सहयोग सुद्रढ़ होगा मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनॉथ ने उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मॉरीशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरीशस संबंधों में मजबूती आयी है और ये नये स्तर पर पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि मॉरीशस विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी है उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प का भी जिक्र किया मॉरीशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत की तीन करोड़ डॉलर की सहायता से बनाया गया है यह मॉरीशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही पांच परियोजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए उन्होंने जनपदों में इसके लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि पच्चीस लाख से कम जनसंख्या वाले जनपदों को तीन करोड़ रुपए तथा पच्चीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों को पांच करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कोविड नाइन्टीन की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस धनराशि का व्यय जिलाधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की कमेटी की संस्तृति पर किया जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए उन्होंने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड नाइन्टीन की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है कोविड नाइन्टीन उन्मूलन के लिए सीएसआईआर की विभिन्न प्रौद्योगिकी के संग्रह का विमोचन करते हुए कल उन्होंने कहा कि देश ने पिछले छः महीनों के दौरान कोविड नाइन्टीन महामारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्वि और मृत्यू दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं प्रदेश सरकार ने अनलॉक तीन के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अंतर्गत कल से कंटेनमेन्ट क्षेत्रों के बाहर विभिन्न गतिविधियों को अनुमति दी गई है नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात में बाहर निकलने पर अब पाबन्दी नहीं होगी पांच अगस्त से राज्य में जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है हालांकि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान इकत्तीस अगस्त तक बंद रहेंगे सभी सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी प्रदेश में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बन्दी पूर्व की तरह जारी रहेगी इसके अंतर्गत शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक प्रदेश भर में विभिन्न प्रतिबन्ध लागू रहते हैं प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर इक्यासी हजार तैंतीस हो गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में बत्तीस हजार छः सौ उन्चास कोरोना के सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि सात हजार एक सौ नवासी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और एक हजार एक सौ बारह मरीज निजी अस्पतालों में है एक सौ बहत्तर रोगी एल वन प्लस की सेमीपेड फैसिलिटी में रखे गये हैं शेष मरीजों का एल वन एल टू और एल थ्री अस्पतालों में इलाज चल रहा है उन्होंने बताया कि अब तक छियालीस हजार आठ सौ तीन रोगी स्वस्थ हुए है और एक हजार पांच सौ सत्तासी की कोरोना से मौत हुई है प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के चलते पांच अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा

संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग और बाकी सारे विभाग इसमें मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे पहले तो यह काफी विस्तृत प्रोग्राम हो सकता था पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोविड के कारण सोशल डिस्टॅसिंग के इनांस को फालो किये जा रहे हैं प्रोग्राम को संक्षिप्त किया गया है

अमरीका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पांच अगस्त को भगवान राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के डिजाइन की थ्री डी इमेज विशालकाय बोर्ड पर दिखाई जाएगी अयोध्या में इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे आयोजकों ने इसे अपनी तरह का अनूठा और ऐतिहासिक आयोजन बताया है अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष और जाने माने नेता जगदीश साहनी ने बताया कि न्यूयॉर्क में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं यह कार्यक्रम सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक चलेगा इसमें दिखाए गए चित्रों में हिन्दी और अंग्रेजी में जय श्रीराम लिखा होगा मंदिर के डिजाइन की थ्री डी इमेज भगवान राम के चित्र और भूमि पूजन के समय रखी जाने वाली शिला के चित्र भी दिखाए जाएंगे प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज तड़के से तेज वर्षा होने के समाचार हैं संभल अमरोहा और आसपास के इलाकों में भी देर रात से बूंदा बांदी जारी है मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी अंचलों में अगले तीन दिनों और पश्चिमी हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान भी ब्रंदा बांदी जारी रहने का अनुमान जताया है